नीट जेईई परीक्षा उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्घारित कार्यक्रम के अनुसार एक से छह सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितंबर को आयोजित कराई जायेगी न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के ग्यारह उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढाया जाना चाहिए रक्षा उद्योग एमओयू छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए यह औद्योगिक इकाई सशस्त्र सेनाओं और राज्य सरकार के सुरक्षा बलों के लिए बुलेटप्रुफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी यह इकाई दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज रायपुर में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में एमओयू पर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी एटमास्टको लिमिटेड के एमडी एस स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए गौरतलब है कि इस इकाई में कंपनी द्वारा सतयासी करोड़ रूपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा

पहले चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक एक लाख ब्लेटप्रफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी प्रमुख सचिव श्री पिंगुआ ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली रक्षा उद्योग से संबंधित इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी अनुबंध किया गया है वहीं एटमास्टको लिमिटेड के एमडी स्वामीनाथन ने बताया कि इस इकाई में नवंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हई है दुर्ग जिले में आज सैंतीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें दुर्ग से एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं इसके अलावा टंकी मरोदा के एक ही परिवार के तीन सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहीं जिले के नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद निगम मुख्यालय को सेनिटाईज किया गया उधर अंबिकापुर जिले में आज तेरह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिनमें एक नब्बे वर्षीय बुजुर्ग और एक बच्चा भी शामिल है वहीं जशपुर जिले में भी आज अट्ठारह नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें से पंद्रह मरीज जशपुर शहर से मिले हैं वहीं तीन मरीज दुलदुला विकासखंड से हैं इस बीच कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जशपुर शहर को सात दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है इधर रायगढ़ जिले में प्रशासन ने आज से आगामी तेईस अगस्त तक ट्रक मरम्मत स्पेयर पार्ट्स और टायर ट्यूब की दुकानों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं शहर के बाहर और राजमार्ग पर स्थित दुकानें सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक केवल चार घंटे के लिए खुलेंगी इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से संबंधित अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा वहीं बालोद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर ग्राम पाकूरभाट के लाइवलीहुड कॉलेज में तीन सौ बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग हाल ही में उनके संपर्क में आये हैं वे अपनी कोरोना जांच करवाएं उन्होंने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है इस बीच एम्स अस्पताल प्रबंधन ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया है श्री कौशिक ने स्वस्थ होने के बाद एम्स प्रबंधन और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है इस बीच राजधानी में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए आठ सेंटरों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चंगोराभाठा खोखो पारा भनपुरी हीरापुर लाभांडी और बाल आश्रय स्थल शंकर नगर के अलावा मेकाहारा और कालीबाड़ी स्थित टीबी अस्पताल में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं संदिग्ध मरीज सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक इन सेंटरों में जाकर जांच करवा सकते हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल जांच कराने वालों की जांच रिपोर्ट अब उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी इस बीच राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में पच्चीस हजार बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है फिलहाल प्रदेश के एक सौ अटहत्तर कोविड केयर सेंटरों में इक्कीस हजार से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है गौरतलब है कि राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के पांच सौ छिहत्तर नये मामले सामने आए थे इनमें से दो सौ छियालीस मरीज रायपुर जिले से मिले थे वहीं दुर्ग से अंठानवे राजनांदगांव से इंक्यावन और बालोद जिले से तैंतीस मरीजों की पहचान की गई थी अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ बयालीस लोगों की मौत हो चुकी है केंद्रीय मंत्री सराहना केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण और संवर्धन सहित वनवासियों की सुरक्षा के कार्यो की सराहना की है श्री जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के वन मंत्रियों की समीक्षा बैठक ली इस मौके पर उन्होंने सभी राज्यों को कैम्पा मद के तहत आवंटित राशि में से अस्सी प्रतिशत वृक्षारोपण और बीस प्रतिशत राशि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्यो में खर्च करने को कहा मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि शहरी प्रशासन में महापौर और महापौर परिषद को व्यापक अधिकार दिए गए हैं जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है उन्होंने लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है ऐसे में संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल किया जाना चाहिए

खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं कई गांवो का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क ट्रट गया है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर और सुकमा जिले में बारिश के कारण आज भी आवागमन बाधित है बीजापुर जिले की मिनगाछल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है वहीं सुकमा जिले की शबरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है जिले के कई गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है इस बीच उद्योग मंत्री कवासी लखमा और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल कल बाढ़ प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिलों का दौरा करेंगे इस दौरान दोनों मंत्री भोपालपट्नम और कोंटा में बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे उधर राजनांदगांव जिले में आज भी बारिश हो रही है नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने के कारण जिला प्रशासन ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है इधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खम्हरिया में बारिश के कारण दीवार गिरने से एक बच्ची की दबकर मौत हो गई वहीं इसी जिले के ग्राम सेमरा में खेत में काम कर रही एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से झुलस गया है

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के आसपास उत्तर छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण पूर्व उत्तरप्रदेश के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है वहीं प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से ग्यारह प्रमुख जलाशय लबालब भर गए हैं राज्य के नौ अन्य जलाशयों में अस्सी प्रतिशत और बारह जलाशयों में पचास प्रतिशत से ऊपर जलभराव हो चुका है युवक एयरलिफ्ट बिलासपुर के खूंटाघाट बांध में रातभर फंसे एक युवक को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है बांध से बाहर निकालने के बाद युवक को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास स्थित ग्राम गिधौरी निवासी एक युवक कल शाम नहाने के लिए बांध गया था और वह पानी के तेज बहाव में फंस गया युवक रातभर पेड़ के सहारे लटका रहा इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी जिस पर राहत आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बांध से बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही बाद में जिला प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी इसके बाद वायुसेना के लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खूंटाघाट बांध में फंसे युवक को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय वायुसेना सहित बचाव में जुटी पूरी टीम को बधाई दी है

इसमें छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और ईशान भटनागर का चयन किया गया है यह स्कीम वर्ष दो हजार चोबीस और अट्ठाईस में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर शुरू की गई है जिसमें देशभर के बारह खेलों के दो सौ अंठावन जूनियर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है जूनियर टॉप्स खेलो इंडिया स्कीम के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के दो शीर्ष जूनियर खिलाड़ियों में शामिल भिलाई की आकर्षि कश्यप वर्तमान में देश की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी है वहीं रायपुर के ईशान भटनागर सातवें नंबर के मिश्रित युगल खिलाड़ी हैं खेलो इंडिया स्कीम में शामिल होने के बाद इन खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार की ओर से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये दिए जाएंगे इसके अलावा ओलंपिक की तैयारी के लिए निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भारतीय खेल प्राधिकरण सांई की ओर से प्रदान किया जाएगा सिंहदेव पेसा जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल शाम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि पेसा कानून के लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकारों को कारगर ढंग से स्थापित करने में मदद मिलेगी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने विकास की प्राथमिकताएं स्वयं तय कर सकेंगे पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और नियम बनाने के लिए पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके सभी भागीदारों से चर्चा की जा रही है उल्लेखनीय है कि श्री सिंहदेव ठाक्र प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा द्वारा तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम हमर ग्राम सभा के माध्यम से हर सप्ताह विभाग से जुड़े किसी एक विषय पर श्रोताओं से रूबरू होते हैं विजय प्रताप सिंह निधन सूरजपुर जिले के भाजपा उपाध्यक्ष और सरगुजा जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह का आज निधन हो गया वे पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद शिवप्रताप सिंह के सुपुत्र थे स्वर्गीय विजय प्रताप विधायक का चुनाव भी लड़ चुके थे सिंह हादसा रायगढ़ जिले में आज हुए सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया हमारे संवाददाता ने बताया कि घरघोड़ा के पास ग्राम भेंडरा में रांची से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक ने एक छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्काजाम कर ट्रक में आग लगा दी मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी जिसके बाद वे शांत हुए और इस मार्ग पर आवागमन सामान्य हुआ पोला प्रदेश में पोला का पारंपरिक पर्व कल मनाया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पोला का यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है उन्होंने कहा कि यह पर्व बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का भी अच्छा माध्यम है पोरा तीजा का तिहार मनाने के लिए कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं को आमंत्रित किया गया है इस पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं यह कार्यक्रम कल दोपहर बारह बजे से शुरू होगा इस मौके पर नंदिया बैला की पूजा की जाएगी लोग रइचुली झूला और चकरी झूला का भी आनंद ले सकेंगे साथ ही इस मौके पर आमंत्रित लोगों को ठेठरी खुरमी गुड़ चीला जैसे छत्तीसगढ़ी पकवान खिलाए जाएंगे

आवेदन करने की अंतिम तिथि चौबीस अगस्त निर्धारित की गई है

स्कूल की प्राचार्य अमी रूफस ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षक वर्चुअल क्लास लेंगे

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है